हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनज़र अधिक सर्तकता बरतने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि मानवता के नाते वे अपना आंदोलन वापस ले लें

आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया चार दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव कल सम्पन हो गया

हमारे संवाददाता ने बताया कि टीका उत्सव के दौरान निजी व सरकारी कार्यस्थलों पर नये टीकाकरण केन्द्रों पर महज चार दिनों में देश में टीकाकरण की दर तेज़ी दर्ज की गई है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश और प्रदेश में दिनोंदिन बढ़ते कोरोना मामलों के चलते कड़ी सावधानी बरतनी होगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक चक्र भी चलता रहे और किसी की जान भी न जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कोरोना का विस्तार शिक्षण संस्थानों से शुरू हुआ है इसलिए वहां अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है सार्वजनिक समारोहों आदि में भीड़ को भी कम करने की जरूरत है

उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जिलों में एडवाइजरी जारी कर रात के समय होने वाले शादी समारोहों का समय बदलकर दिन में किया जाए इसके अलावा नवरात्रों के कार्यक्रम भी रात की बजाय दिन में आयोजित किए जाएं मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि मानवता के नाते इस समय वे अपना आंदोलन वापस लें अगर अपनी किसी मांग के लिए उन्हें धरने या प्रदर्शन करने हैं तो ये हालात ठीक होने पर भी किए जा सकते हैं उन्होंने उपायुक्तों को भी निर्देश दिए कि वे आंदोलनरत किसानों से संपर्क करके उन्हें मनाने की कोशिश करें

पहला तरीका तालाबंदी और दूसरा सख्ती है हम चाहते हैं कि प्रदेश में तालाबंदी की बजाय सख्ती बरतकर हालात से निपटा जाए उन्होंने कहा कि हम सख्ती बरतकर लोगों की नाराजगी झेल सकते हैं लेकिन लोगों को मरते हए नहीं देख सकते

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल ग्र्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का उद्वाटन किया श्री गूर्जर ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इससे पहले भी बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं का कॉलेज का निर्माण करवाकर बेटियों का सम्मान बढ़ाया है ठीक उसी तरह अब यहां राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शुरू होने से सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी इस अवसर पर श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ हलके के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार का खजाना खुला हुआ है उन्होंने बताया कि इस इमारत को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई है

हरियाणा में वर्तमान कोरोना स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी करनी आरंभ कर दी है

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि उपभोक्ताओं में हैफेड के उत्पादों की बढ़ती मांग के मदेनजर राज्य में हैफेड के आउटलेटस में बिक्री बढ़ रही है